आज आंशिक सूर्यग्रहण देश में भी कई स्थानों पर वलयाकार ग्रहण को देखा जा सकेगा

श्री मोदी ने कल लखनऊ में लोक भवन में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिवस पर उनकी प्रतिमा का अनावरण करने के बाद समारोह में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए यह बात कही उन्होंने कहा कि वे सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहॅचाने वाले लोगों को ये बताना चाहते हैं कि वे ये न भूले कि अधिकार और कर्त्तव्य दोनों महत्वपूर्ण है और एक दूसरे से जुड़े हुए है

तो आईये आज जानते हैं नागरिकता संशोधन कानून को लेकर फैली एक और भ्रान्ति और उसकी असलियत के बारे में नागरिकता संशोधन कानून को लेकर यह भ्रम फैलाया जा रहा है कि इससे भारतीय मुस्लिमों की नागरिकता खतरे में पड़ सकती है जबकि वास्तविकता यह है कि भारतीय मुस्लिम सहित देश के किसी भी धर्म के नागरिक पर यह कानून किसी भी तरह से लागू नहीं होगा हमारे देश में सभी भारतीय नागरिकों को मूलाधिकार मिला हुआ है जिसकी गारंटी भारतीय संविधान ने दी है इस कानून का मतलब किसी भी भारतीय को नागरिकता से वंचित करना नहीं है सूर्य ग्रहण आज आंशिक सूर्य ग्रहण है यह सुबह कई देशों के साथ भारत में भी नज़र आएगा यह वलयाकार ग्रहण होगा ऐसा तब होता है जब चंद्रमा सूर्य के केन्द्र को ढक लेता है और सूर्य का केवल बाहरी किनारा नजर आता है और रिंग ऑफ फायर का आकार ले लेता है या वलयाकार हो जाता है सबसे अधिक ग्रहण सुबह नौ बजकर तीस मिनट पर शुरू होगा ग्रहण की पूरी अवधि दो घंटे उनतालीस मिनट होगी रिंग ऑफ फायर देश के दक्षिण भारत के तटीय क्षेत्रों के साथ केरल में केवल कन्नूर जैसे स्थानों से ही नज़र आएगा देश के अन्य भागों से यह दिखाई नहीं पड़ेगा टेलिस्कोप और विशेष लेंसों के माध्यम से आंशिक ग्रहण देखने के लिए देश के तारामण्डलों में व्यवस्थाए की गई है श्रद्वालु सूर्य ग्रहण के अवसर पर देश में नदियों और तालाबों में पवित्र स्नान करेंगे खंडवा जिले के ओंकारेश्वर में ग्रहण के दौरान ज्योर्तिलिंग मंदिर ओंकारेश्वर और ममलेश्वर मंदिर के पट बंद रहेंगे किसमस मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा है कि मसीह समाज ने मानव जाति को जोड़ने के साथ ही प्रेम और सहयोग की भावना को मजबूत करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है उन्होंने कल भोपाल के गोविंदपुरा चर्च में आयोजित किसमस कार्यक्रम में कहा कि दुनिया को आज शांति और भाईचारे की जरूरत है इसलिए हमें प्रभू यीश के मार्ग को अपनाना होगा किसमस पर कल देर रात तक विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया इस मौके पर आकर्षक ढंग से सजे हुए गिरजाघरों में प्रभू यीशु को समर्पित गीत गाये गये इन्दौर में भी जन्मोत्सव के कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए खंडवा में गिरजाघरों में आकर्षक झांकियां सजाई गई वही बिशप हाउस में मिलन समारोह आयोजित किया गया सिवनी और धार में भी ईसाई समाज ने श्रद्वापूर्वक किसमस का पर्व मनाया गया राज्यपाल राज्यपाल लालजी टंडन ने कहा है कि समाज में दया और करूणा बनी रहे और लोग शिक्षित और खुशहाल रहे सुशासन का यही स्वरूप होना चाहिए उन्होंने कल राजभवन में किश्चयनिटी और गूड गर्वनेंस पर आयोजित संगोष्ठी में कहा कि महापुरूषों का अनुसरण करने से दुनिया में शांति और सद्भाव का वातावरण निर्मित हो सकता है श्री टंडन ने कहा कि समानता न्याय करूणा और प्रेम ही सुशासन का आधार है

इसे न केवल जल षोधन संयंत्र संचालन में इस्तेमाल किया जा सकेगा बल्कि स्मार्ट सिटी को भी यहां से बिजली आपूर्ति की जा सकेगी

जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा और ग्रामीण विकास मंत्री कमलेश्वर पटेल ने इस उत्सव का शुभारंभ किया श्री शर्मा ने इस मौके पर कहा कि राज्य सरकार ने सभी पर्यटन क्षेत्रों का नियोजित विकास करने का निर्णय लिया है उन्होंने कहा कि इसके लिए पर्यटन की नई नीतियां निर्धारित की गई है श्री पटेल ने कहा कि पचमढ़ी उत्सव को प्रदेश के संस्कृति कलेण्डर में शामिल किया जायेगा उन्होंने बताया कि पचमढ़ी उत्सव में स्वसहायता समूहों द्वारा निर्मित वस्तुओं के विक्रय का मंच प्रदान किया गया है शुभारंभ अवसर पर कलाकारों ने बधाई नृत्य की प्रस्तुति दी पद्भभूषण राजन साजन मिश्र का शास्त्रीय गायन हुआ और नृत्यांगना लतासिंह मुंशी ने भरतनाट्यम की प्रस्तुति दी उत्सव के दूसरे दिन आज निजामी बंधु अपना कार्यक्रम देंगे वहीं कल शाम हांस्य कवि सम्मेलन में जाने माने कवि प्रस्तुति देंगे ग्वालियर मेला ग्वालियर व्यापार मेला राज्य स्तरीय किसान मेला और पशु प्रतियोगिता की कल ग्वालियर में शरूआत हो गयी

इस मेले में प्रदेश के साथ साथ विभिन्न राज्यों के किसान और पशुपालक शामिल हो रहे हैं

मुदिगल के साथ अभिषेक वर्मा और यशस्विनी सिंह देशवाल ने भी दस मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम प्रतियोगिता में जीत दर्ज कर टोक्यो ओलंपिक में जगह पक्की कर ली मनु भाकर ने सरबजोत सिंह के साथ जूनियर मिक्स्ड टीम पिस्टल मुकाबले में जीत दर्ज कर टोक्यो ओलंपिक का टिकट पक्का कर लिया मनु भाकर ने राष्ट्रीय मुकाबले में सातवां स्वर्ण पदक जीता है

जिसको देखते हुए रेलवे स्टेशन पर युद्ध स्तर पर सफाई का कार्य चल रहा है

आज नगरपालिका शिवपुरी के लिए वार्ड़ आरक्षण होगा